और प्रदेश भर के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी

ये हैं नवाचार पेटेंट उत्पादन और समृद्धि उन्होंने भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत के विकास की कहानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है बाईट पीएम न्यू इंडिया को टेक्नोलॉजी भी चाहिए और लॉजिकल टेम्प्रामेंट भी ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास को हम नई दिशा दे सकें मेरा यह हमेशा से मत रहा है कि भारत के समाज को जोड़ने का काम अवसरों की समानता लाने में साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है प्रधानमंत्री आज बेंगलुरू के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि भारत को सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन तथा ऊर्जा भंडारण विकल्पों के लिए दीर्घावधि दिशा निर्देश बनाने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी जल जीवन मिशन की ताकत है बाईट पीएम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है अब ये आपका दायित्व है कि पानी की रिसाइक्लिंग और रीयूज के लिए प्रभावी और सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे विकसित करे प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों के लिए मददगार साबित हो रही हैं उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं की अगर सराहना की जा रही है तो उसका श्रेय प्रौद्योगिकी और सुशासन के प्रति हमारे समर्पण को जाता है

टेक्नोलॉजी तेज विकास और सही विकास में संतुलन का काम करती है टेक्नोलॉजी का अपना पक्ष नहीं होता यही कारण है कि जब ह्यूमन सेंसिटिविटी और मॉर्डन टेक्नोलॉजी का कॉर्डिनेशन बढ़ता है तो अनप्रिसिडेंटेड रिजल्ट मिलते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र आई स्टेम पोर्टल का भी शुभारंभ किया केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां इस कानून के बारे में लोगों को दिग्भ्रमित कर रही हैं लेकिन सरकार का इस कानून को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है आज जोधपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है

ये सारी पार्टियों को मैं आज चुनौती देने आया हूँ आप कहते हो इससे देश के अंदर अल्पसंख्यकों का नागरिकता चला जायेगा कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा कराने के लिए आ जाओ मैं आज देश भर की जनता को कहना चाहता हूँ ये जो नागरिकता संशोधन कानून है सीएए के अंदर कहीं पर भी किसी का भी नागरिक लेने का प्रावधान नहीं है सिर्फ नागरिकता देने का है श्री शाह ने कहा कि भाजपा नागकरिकता संशोधन कानून को लेकर पांच जनवरी से देश में जन जागरण अभियान की शुरुआत करेगी और तीन करोड़ लोगों से संपर्क साधेगी केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने वाला नहीं है दूरदर्शन समाचार को दिए साक्षात्कार में श्री प्रसाद ने कहा कि इस कानून के अंतर्गत पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन हिन्दू ईसाई सिख बौद्ध जैन और पारसी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जो इकतीस दिसम्बर दो हजार चौदह को या इससे पहले भारत आ गए थे कानून मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युगांडा से आए हिन्दुओं और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका से आए तमिलों को नागरिकता प्रदान की थी उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वही कर रहे हैं तो विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है केन्द्रीय मंत्री और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर तीनों अलग अलग चीजें हैं एक ट्वीट में श्री पासवान ने कहा कि इन तीनों को मिलाकर पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है उन्होंने लोगों से किसी बहकावे में नहीं आने की अपील की भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रविवार से दस दिन का जनसंपर्क अभियान चलाएगी आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी महासचिव डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के अभियान में शामिल होंगे श्री जैन ने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे इस अभियान में शामिल होंगे

दूसरी समिति बनी है संवाद समिति तीसरा है विशेष श्रेणी संपर्क सामाजिक संपर्क श्रेणी चौथा कार्यक्रम है हमारा सोशल मीडिया का और पांचवां है मीडिया इस अभियान के अंतर्गत भाजपा ने टोल फ्री नम्बर आठ आठ छह छह दो आठ आठ छह छह दो जारी किया है इस नम्बर पर लोग मिस्ड कॉल देकर इस कानून का समर्थन कर सकते हैं

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष आम लोगों के बीच दुष्प्रचार कर रहा है आज पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी इस कानून को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलायेगी वैशाली जिले के हाजीपुर मंडल कारा में कथित तौर पर दो आपराधिक गिरोहों के बीच हई गोलीबारी में कूख्यात अपराधी मनीष सिंह की मौत हो गयी सदर पुलिस उपाधीक्षक राघव दयाल ने बताया कि जेल के अंदर पिस्तौल कैसे पहुंची और गोली किसने चलायी है इस बात की जांच चल रही है हत्या में प्रयूक्त पिस्तौल को बरामद कर लिया गया है मनीष सिंह राजस्थान के मानसरोवर में पिछले दिनों हुए सोना लूट कांड के मामले का आरोपी था घटनास्थल पर जेल महानिरीक्षक जिले के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं पूरे प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है रोहतास औरंगाबाद अरवल सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण दरभंगा पूर्णिया किशनगंज भागलपुर नवादा नालंदा जमुई और आसपास के इलाकों में हल्की ब्रंदाबांदी हुई है मौसम विभाग ने कल तक प्रे प्रदेश में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है वहीं प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर तापमान सामान्य बना हुआ है सबौर और मुजफ्फरपुर दस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूतनतम तापमान के साथ प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान रहे पटना का न्यूनतम तापमान बारह गया का बारह दशमलव पांच भागलपुर का तेरह दशमलव आठ और प्रर्णिया का चौदह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होने के बाद एक बार फिर प्रदेश के तापमान में तेजी से गिरावट की आशंका है पूर्वी चंपारण जिले के राजेपूर नवादा में आज से उन्नीसवीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट की शुरूआत हुई प्रतियोगिता का शुभारंभ सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने किया आज खेले गये मैच में पूर्वी चंपारण की टीम ने शिवहर को पराजित किया औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला खपरमंडा गांव में नक्सली संगठनों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य के घर पर हमला कर दिया नक्सलियों ने तोड़फोड़ के बाद मोटरसाईकिल में आग लगा दी गया जिले के मोहनपुर थाना अंतर्गत पाठक गौराईन गांव में कथित तौर पर विषाक्त भोजन खाने से दो बच्चों की मौत हो गयी वहीं दो अन्य बीमार हो गये शेखप्रा जिले के सकूनत मुहल्ला स्थित एक सरकारी विद्यालय से शराब बरामद होने के मामले में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और टोला सेवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है बेगूसराय जिले के साहेबपूर कमाल थाना क्षेत्र के हिराटोला के पास एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गयी वहीं नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के आशानगर के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार एक यूवक की मौत हो गयी वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने राजापाकड़ थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है

उत्तर और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में आज भी हुई हल्की बारिश